कल ईटानगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों को हार्ड मिडिल और साफ्ट कटेगरी में बाटा जायेगा श्री तेदिर ने कहा है कि नये भर्ती होने वाले शिक्षको को सबसे पहले तीन वर्ष हार्ड और इसके बाद पाच वर्ष मिडिल कटेगरी के विद्यालयों में अपनी सेवाये देनी होगी उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी विद्यालयों में सही अनुपात में शिक्षको की तैनाती कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार का लक्ष्य है श्री तेदिर ने कहा है कि प्रदेश के सभी इलाको के बच्चो को एक समान अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

उन्होंने आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित अपील में राज्य में सबसे शांति और सद्भाव बनाये रखने का आग्रह किया है इस अपील में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विरोध के नाम पर कोई भी राजनीतिक लाभ उठा न सके इसमें यह भी कहा गया है कि असम को आंदोलनों के कारण पिछले चालीस वर्षों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है इनके कारण राज्य में निवेशक निवेश करने से बचते है और पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ता है अपील करने वालों में शामिल है मेघालय के पूर्व राज्यपाल रंजीत शेखर मूसाहारी वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका तथा डी एन चक्रवर्ती पूर्व राजदूत बी के गोगोई राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक फिल्म निदेशक मंजू बोरा और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एन के चौधरी अपील में यह भी कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन हालाकि एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन इसका शैक्षिक माहौल और राज्य के सर्वांगीण विकास पर विपरीत असर पड़ता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वालों से उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक इंतजार करने की भी अपील की असम में सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद ग्यारह जिलों में आज से स्कूल फिर खुल गए है

अब तक प्राप्त चुनाव परिणामो और रुझानो के अनुसार इक्यासी सदस्यीय झारखंड विधानसभा में जे एम एम गठबंधन ने बारह सीटो पर जीत दर्ज की है और तैतीस सीटो पर आगे है जबकि भाजपा ने छह सीटे जीती है और बीस सीटों पर आगे चल रही है

हालही में नेपाल में आयोजित तेरहवें दक्षिण एशियाई खेलो में ताईक्वांडो प्रतियोगिता में राज्य की इन दोनो खिलाड़ियो ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित होने वाले वुसु वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग के अलावा ताइक्वांडो के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना का केंद्र सरकार से आग्रह करेगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि खिलाड़ियो के सभी खर्चो को वहन करने के नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में खेल सुविधाओ को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है

नई दिल्ली में अक सेमीनार को सम्बोधित करते हुए जनरल रावत ने कहा कि आवश्यकता अविस्कार की जननी है के संदर्भ में लागू नही होती आज नवसृजन से टैक्नोलोजी संबधी प्रगति हो रही है उन्होंने कहा कि सेना को क्वांटम टैक्नोलोजी साइबर स्पेस और आर्टिफिशल इंटेलीजेंस जैसी अभिनव तकनीकों का फायदा उठाना चाहिए

आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रुप से दिया गया गुजराती फिल्म हेलेरी को सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया सर्वोकृष्ट निर्देशक का पुरस्कार आदित्य धर को उनकी पहली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दिया गया अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया देर से गर्भधारण विषय पर बनी फिल्म बधाई हो को सर्वश्रेष्ठ मनोंरजक फिल्म का प्रस्कार मिला है जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया गायक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को मराठी फिल्म चुम्बक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार की फिल्म पैडमेन को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया

आज का अधिकतम तापमान तेईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया